प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विपक्षी दलों के प्रस्तावित महागठबंधन को बताया विफल प्रयोग जयपुर में आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की होगी बैठक चुना जाएगा प्रतिपक्ष का नेता

राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक कानून बन गया है

तीन तलाक से जुड़े विधेयक और दो अन्य विधेयकों के संसद के शीतकालीन सत्र में पारित नहीं होने के कारण फिर से लाये गये संबंधित अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल मंजूरी दे दी

इसलिए सरकार को तीनों अध्यादेश दुबारा लाने पड़े हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विपक्षी दलों के प्रस्तावित महागठबंधन को विफल प्रयोग बताया है उन्होंने आरोप लगाया है कि गठबंधन में शामिल दल भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली कमजोर सरकार बनाने के इरादे से एकजुट हो रहे हैं कल नई दिल्ली में रामलीला मैदान में पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जनता को तय करना है कि वह मजबूत सरकार चाहती है या गठबंधन वाली कमजोर सरकार प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस उच्चतम न्यायालय में अपने वकीलों के माध्यम से अयोध्या मामले में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रही है उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी दल झूठे आरोप लगाकर प्रधान न्यायाधीश पर महाभियोग चलाना चाहते थे प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षण से नये भारत का आत्मविश्वास बढ़ेगा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने किसानों को केवल एक वोटबैंक के रूप में देखा लेकिन मौजूदा सरकार किसानों की चुनौतियों का समाधान करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है

श्री मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास और एक भारत श्रेष्ठ भारत उनकी सरकार का ध्येय है उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जीत के लिए मेरा बूथ सबसे मजबूत का मंत्र अपनाना होगा राज्यपाल कल्याण सिंह ने पंद्रहवीं विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए विधायक गुलाब चंद कटारिया के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को मंजूरी दी हैं श्री सिंह कल राजभवन में श्री कटारिया को पन्द्रहवीं विधानसभा के सदस्य की शपथ दिलायेंगे उन्होंने निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने में श्री कटारिया के सहयोग के लिए विधायक भंवरलाल शर्मा परसराम मोरदिया और महादेव सिंह को भी नामांकित किया है गौरतलब है कि पन्द्रहवीं विधानसभा का पहला सत्र पन्द्रह जनवरी से शुरु होगा और सत्र के पहले दिन सदस्यों को शपथ दिलाई जायेगी

बैठक में केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना प्रदेश चुनाव सह प्रभारी सुधांश त्रिवेदी मौजूद रहेंगे विधायक दल की बैठक के बाद दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र पर प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन आयोजित होगा जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली करेंगे इस प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में जयपुर शहर के व्यापारी उद्योगपति शिक्षक स्कूल संचालक अधिवक्ता चार्टेर्ड अकाउंटेंट और चिकित्सक सहित कई लोग भाग लेंगे युवा कार्य और खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उदघाटन किया

इसका विषय है नए भारत की आवाज बनें समाधान करें और नीति में अपना योगदान करें इस अवसर पर कर्नल राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संदेश पढ़ा जिसमें श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव युवाओं के लिए अपनी सामूहिक आकांक्षाओं को स्वर देने का एक आदर्श अवसर है

निर्वाचन विभाग प्रदेशभर में मतदाता सूची नवीनीकरण अभियान के तहत मतदान केन्द्रो पर शिविर आयोजित कर पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ेगा

प्रदेश में स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है

गंगानगर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पंजाब के दो संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है

बीएसएफ के जवानों ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया है जिनसे खुफिया एजेंसियां प्रछताछ कर रही हैं प्रदेशभर में आज गुरू गोविंद सिंह जयंती मनाई जा रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरु गोविन्द सिंह जयंती पर आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में स्मारक सिक्का जारी करेंगे राज्यपाल कल्याण सिंह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरू गोविन्द सिंह की जयन्ती पर प्रदेशवासियों को शुभकानाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि गुरू गोविन्द सिंह द्वारा दिया गया मानवता का संदेश हमारे समाज में समानता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए आज भी प्रासंगिक है